केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर लोगों को संबोधित करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता व लोग भी शामिल होंगे कार्यकम में प्रदेश सरकार के दो साल की उपलब्धियों पर आधारित एक वृत्त चित्र दिखाया जाएगा और कार्यकम के प्रसारण के लिए सभी जिला मुख्यालयों के अलावा शिमला शहर के प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं समारोह के बाद केंद्रीय गृहमंत्री पीटरहॉफ में विभिन्न निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ किए गए दस हजार करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतरने के उपलक्ष्य में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मेंभी शामिल होंगे समारोह को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने में हिमाचल पहले तीन राज्यों में शामिल है मारकंडा ने कहा कि बैंक खाते आधार कार्ड से अपडेट होने पर ही किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा सलाह प्रदेश के बागवानी विभाग ने सभी फल उत्पादकों व बागवानों को बाहरी राज्यों से फल पौध सामग्री नहीं खरीदने की सलाह दी है शिमला से जारी एक ब्यान में विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि बाहरी राज्यों से अनाधिकृत तौर पर फल पौधों से जहां रोगों व कीटों के फैलने का अंदेशा रहता है वहीं फल उत्पादन भी प्रभावित होता है प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई भी फल या पौधशाला उत्पादक अनाधिकृत तौर पर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यूएएन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के ऐल अपने आप यूएएन जेनरेट करने की सुविधा शुरू कर दी है प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुदर्शन कुमार ने बताया कि यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर एक पहचान संख्या है जो हर कर्मचारी को भविष्य निधि खाते के साथ आवंटित की जाती है उन्होंने कहा कि पैन की तरह यूएएन भी जीवन भर स्थिर रहता है और इस पहल से पीएफ लाभ के लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा आवेदक ईपीएफओ की वेबसाइट पर यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर यूएएन जेनरेट कर सकते हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला और दिव्य हिमाचल का लगभग एक जैसा शीर्षक है जयराम सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करेंगे शाह दैनिक जागरण के शब्द हैं सरकार आज मनाएगी दो साल का जश्न शाह आएंगे दैनिक भास्कर की सुर्खी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए अमित शाह आज शिमला में

हिमाचल दस्तक ने लिखा है एनआरसी पर विवाद के बीच शिमला में आज गरजेंगे शाह आपका फैसला का शीर्षक है अमित शाह आज लेंगे हिमाचल के विकास का जायजा सुशासन में हिमाचल सर्वश्रेष्ठ शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है कार्मिक मंत्रालय की रैंकिंग पूर्वात्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिला शीर्ष स्थान आपका फैसला के शब्द हैं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल शीर्ष पर तमिलनाडू देश भर में प्रथम अजीत समाचार के शब्द हैं बेहतर सुशासन मामले में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल शीर्ष पर दैनिक जागरण का कहना है पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में शिखर पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है पेंशन के लिए मान्य होगा अनुबंध का कार्यकाल पंजाब केसरी के शब्द हैं अनुबंध पर दी गई सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी

अमर उजाला ने लिखा है कोकसर से स्कूल अस्पताल शिफ्ट धुंध ने रोकी हवाई उड़ानें